इस दौरान कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है

उन्होंने कल उना के बीआरसी भवन में कार्यक्रम का निरीक्षण किया और यहां कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों से बातचीत की सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम की प्रोजैक्ट रिपोर्ट भेजने को कहा ताकि दूसरे जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जा सके

इस दिन को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है

हालांकि श्रीखण्ड यात्रा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुकी है कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस टीम युवक के शव को लाने के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है मृतक की पहचान ठियोग तहसील के तियाली के रहने वाली अविनाश के रूप में हुई है

इसके तहत मतदाताओं की शिकायतों के अनुसार सूचियों में विसंगतियों को दूर किया जाएगा विभाग ने इस कार्य में लोगों से भी सहयोग का आह्वान किया है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कुल्लू ज़िला में बादल फटने की घटना से जुड़ी ख़बर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है कुल्लू में बादल फटा पुल ढहा सड़कें ट्रटीं पंजाब केसरी के शब्द हैं पतलीकूहल में बादल फटा लोग घर छोड़ भागे दैनिक भास्कर लिखता है आधी रात मनाली में बादल फटा घरों व दुकानों को नुकसान दैनिक जागरण का शीर्षक है कुल्लू के शेरी गांव में बादल फटा बड़ाग्रां नाला में आई बाढ़ दैनिक सेवरा टाइम्स का कहना है बारिश से कुल्लू में तबाही बादल फटा मनाली में पुल बहा आपका फैसला के अनुसार मनाली में बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़ लोगों के घरों में घुसा पानी

अमर उजाला की एक ख़बर है प्रिंसिपल हेडमास्टर बीच सत्र में ही होंगे सेवानिवृत इसी समाचार पत्र के मुताबिक हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने संबंधी खबर भी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है पंजाब केसरी का शीर्षक है वीरभद्र को सांस लेने में तकलीफ अस्पताल में दाखिल करवाया गया दैनिक जागरण ने लिखा है सांस लेने में दिक्कत होने पर वीरभद्र आईजीएमसी में भर्ती हिमाचल दस्तक लिखता है एमएलए के डीओ पर हुआ तबादला हाईकोर्ट ने रोका दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है सांसद राम स्वरूप शर्मा को हाईकोर्ट से राहत उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ चुनाव याचिका खरिज